दरभंगा बेतिया और वाल्मिकीनगर सीट को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं

महागठबंधन के घटक दलों के बीच संसदीय क्षेत्रों की पहचान को लेकर गतिरोध जारी है दिल्ली में कांग्रेस और पटना में राजद तथा अन्य सहयोगी दलों की बैठक के बाद भी मामला अब तक नहीं सुलझ सका है मुख्य रूप से दरभंगा बेतिया और वाल्मिकीनगर सीट पर अंतिम रूप से फैसला नहीं हो सका है सूत्रों से मिली जानकारी के अनूसार कांगेस नेता और दरभंगा के निवर्तमान सांसद कीर्ति झा आजाद दरभंगा छोड़कर किसी अन्य सीट से लड़ने को तैयार नहीं हैं राजद ने दरभंगा सीट के बदले कांग्रेस को वाल्मिकीनगर सीट देने की पेशकश की है लेकिन कांग्रेस इस पर तैयार नहीं है वहीं रालोसपा भी बेतिया सीट पर कोई समझौता करती हुई नहीं दिख रही है इधर कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को राजद नेतृत्व से बातचीत कर मामला सुलझाने के लिए अधिकृत किया है सूत्रों ने बताया कि जिन सीटों पर गतिरोध है यदि उन पर सहमति नहीं बन पाती है तो वैसे सीटों को छोड़कर अन्य सीटों और प्रत्याशियों के नामों की आज पटना में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की जायेगी राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मोहम्मद अली असरफ फातमी ने कहा है कि यदि उन्हें दरभंगा संसदीय क्षेत्र से पार्टी टिकट नहीं देती है तो वे अपने क्षेत्र की जनता से बात कर आगे की रणनीति तय करेंगे श्री फातमी ने समाचार एजेंसी यूनीवार्ता से बातचीत में कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने उन्हें आज तक इंतजार करने को कहा है और इसके बाद यदि कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता है तो वे अंतिम रूप से कोई फैसला करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश की पांच सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है इस चरण के तहत किशनगंज कटिहार भागलपुर पूर्णिया और बांका संसदीय क्षेत्रों में अठारह अप्रैल को मतदान होना है इन सीटों के लिए कुल सत्तर उम्मीदवारों के पर्चे सही पाये गये हैं कटिहार संसदीय क्षेत्र से कल एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया वहीं पहले चरण पर चार सीटों के मतदान के लिए चौवालीस उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं कल नाम वापसी के अंतिम दिन गया से एक और जमुई से तीन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया गया और नवादा से तेरह तेरह तथा जमुई और औरंगाबाद से नौ नौ उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वहीं नवादा विधानसभा उप चुनाव के लिए मतदाता आठ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे तीसरे चरण के लिए अभी सिर्फ मधेपुरा से निवर्तमान सांसद पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है इस चरण के तहत तेईस अप्रैल को झंझारपुर सुपौल अररिया मधेपुरा और खगड़िया संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होना है सीपीआई बेगूसराय के अलावा पूर्वी चंपारण और मधुबनी से भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी पार्टी के राज्य सचिव सत्यनारायण ने बताया कि पूर्वी चंपारण से प्रभाकर जायसवाल उम्मीदवार होंगे मधुबनी से उम्मीदवार की घोषणा कल की जायेगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज औरंगाबाद से एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे श्री शाह भाजपा उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रदेश के नक्सल प्रभावित लोकसभा क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर से निगरानी की जायेगी निर्वाचन आयोग ने बताया कि इसके लिए वायु सेना के दो हेलिकाप्टरों का उपयोग किया जायेगा पहले चरण के तहत नक्सल प्रभावित औरंगाबाद गया नवादा और जमुई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं इन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर तीन कंपनी केन्द्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है ताकि तत्काल किसी संदिग्ध नक्सली गतिविधियों को रोकने की कार्रवाई की जा सके चुनाव आयोग ने कहा है कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन देने को लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य है बिना अनुमति वाले राजनीतिक विज्ञापन को सोशल मीडिया के साथ साथ एसएमएस वाइस मैसेज या ऑडियो विजुअल्स के रूप में केबल टीवी और सिनेमा हॉल में भी चलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी केन्द्र सरकार ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला खोलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

श्री शुक्ला ने कहा कि इसके लिए केन्द्र ने दो करोड़ बीस लाख रूपये का आवंटन किया है जिसमें तैंतालीस लाख रूपये की पहली किस्त जारी कर दी गयी है उन्होंने कहा कि इस प्रयोगशाला के खुल जाने से मौसम में आ रहे बदलाव का बारीकी से अध्ययन किया जा सकेगा और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के मामले की आठ अप्रैल को सुनवाई होगी न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और एस अब्दुल नजीर की पीठ मामले की सुनवाई करेगी पटना रेलवे स्टेशन के पास पिछले दिनों गिरफ्तार दो संदिग्ध बाग्लादेशी आतंकियों की निशानदेही पर महाराष्ट्र के पुणे से बिहार पुलिस के एटीएस दस्ते ने एक और आतंकी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार आतंकी से दो मोबाईल फोन और मेमोरी कार्ड बरामद किये गये हैं आतंकी को पुणे स्थित एक अदालत में पेश किया गया जिसके बाद अदालत ने उसे पूछताछ के लिए बिहार एटीएस को सौंप दिया है पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के परसा गांव में भूमि विवाद में अपराधियों ने पटना हाईकोर्ट की अधिवक्ता ममता देवी की गोली मारकर हत्या कर दी अपराधियों ने घर में घ्रस कर महिला अधिवक्ता को आठ गोलियां मारी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी मृतका के पति के बयान पर पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है वहीं नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष संजू देवी की हत्या कर दी पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर स्थित विशेष अदालत में मृतक की पत्नी ने अपना बयान दर्ज करवाया और मामले के आरोपियों मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत अन्य की पहचान की मामले की अगली सुनवाई सोलह अप्रैल को होगी इसके बाद स्पीडी ट्रायल चलेगा पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पचास हजार रुपये के इनामी नक्सली अनिल राम समेत चार अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है इन सभी पर देशद्रोह लेवी वसूली और हथियार तथा विस्फोटक रखने का आरोप है सीतामढ़ी जिले के रीगा इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाइनांस कंपनी के दो शाखा प्रबंधकों को गोली मारकर छह लाख रुपये लूट लिये हमले में एक शाखा प्रबंधक की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मोड़ के पास एक ट्रक से प्रलिस ने चार सौ पचहत्तर कार्टन शराब बरामद कर चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले में हथियार तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान में प्रलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार कर पिस्तौल समेत अन्य हथियार बरामद किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां महागठबंधन के घटक दलों के बीच जारी तकरार आज के सभी समाचारों पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है महागठबंधन में पेंच अभी बाकी पटना से दिल्ली तक नेताओं की माथापच्ची के बाद भी कीर्ति आजाद की सीट पर तस्वीर साफ नहीं दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है सोनिया की चौखट पर पहुंचा महागठबंधन का महाभारत दैनिक भास्कर की सुर्खी है टिकट वितरण में अपने करीबियों की उपेक्षा से नाराज तेज प्रताप ने छात्र राजद का संरक्षक पद छोड़ा प्रभात खबर ने लिखा है घूस लेते एमवीआई गिरफ्तार घर से मिले साढ़े चौदह लाख कैश राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है जनगणना दो हजार उन्नीस के लिए अधिसूचना जारी

दरभंगा बेतिया और वाल्मिकीनगर सीट को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं